बार बार हाथ धोना मास्क और दो गज की दूरी अभी भी है जरूरी कोरोना उचित व्यवहार का पालन करे यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छः प्रांतों के किसानों के साथ बातचीत भी की किसानों ने इस वित्तीय सहायता योजना से अपने कल्याण के अन्भव भी सांझा किये

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नये कृषि कानूनों का विरोध करके अपने राजनीति एजेंडे को आगे बढ़ा रहे है और क्छ लोग अफवाहों और भ्रामक बाते फैला रहे है और कहा है कि अगर किसानों ने अन्बंध पर खेती की जो उनकी ज़मीन छीन ली जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए है तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनायें श्रू की गई है उन्होने कहा कि किसानों की फसलों के लिए बेहतर बीमा स्वविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना श्रू की है जिसका लाभ करोड़ो किसानों को मिल रहा है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है देश के किसान अपनी उपज के लिए सही दाम प्राप्त कर सकें उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से डेढ़ ग्रणा अधिक दाम दिलाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की एक हजार से अधिक कृषि मंडियो को ऑन लाइन सम्पर्क से जोड़ दिया है उन्होने कहा कि कृषि के क्षेत्र मे हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराये है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांवों में किसानों के जीवन को आसान बनाना चाहती है लेकिन आज जो लोग किसानों को लेकर लंबे चौडे भाषण दे रहे है उन्होंने तक कुछ नहीं किया जब वे खुद सत्ता में थे इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि से किसानों को बह्त लाभ होगा

श्री तोमर न ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे अपना आंदोलन वापिस ले लें और सरका के साथ बातचीत को आगे आये प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर हरियाणा के एकमात्र किसान फतेहाबद जिला के नाढ़ोड़ी निवासी हरि सिंह से बातचीत की और उनकी खेतीबाड़ी बारे हाल चाल जाना

संयुकत परिवार में खेती करने की बात सुनकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी प्रंशसा की और कहा कि यह तो बहत अच्छा अनुभव हे कि आप चार भाई एक साथ रहकर खेतीबाड़ी कर रहे है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सातवीं किस्त किसानों के खातों में जारी करने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है

विजेताओं को यह पुरस्कार उनके संबंधित विभागों में डिजिटल सुधार लाने और राज्य सरकार द्वारा लोगों को समयबद्व व परेशानी मुक्त तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए ई गवर्नेस को लागू करने के लिए दिया गया है

यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है श्री वाजपयी एक उत्कृष्ट सांसद थे तथ लोगों को उनके नेतृत्व में विश्वास स्नेह और भरोसा था सांसद के रूप में विशेष रूप से प्रधानमंत्री के रूप में उनहोंने कई महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें साहसिक सुधारों और ढांचागत विकास के माध्यम से मजबूत अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जंयती पर नई दिल्ली में अटल स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अभी आज पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी तथा स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद्व व भरत रतन मदन मोहन मालवीय का संसद के केन्द्रीय कक्ष में श्रद्वासुमन अर्पित किये

यह पुस्तक लोकसभा सचिवालय ने प्रकाशित की है जिसमे श्री वाजपेयी जी द्वारा संसद मे दिये गये भाषण भी प्रकाशित किये गये है इसमें पूर्व प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन से सम्बधित कुछ द्र्लभ तस्वीरें भी ली गई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राज्य सभा प्रतिपक्ष नेता गुलाम नबी आज़ाद तथा अन्य सांसद इस मौके पर उपस्थित रहे केन्द्रीय सूचना व प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित की

कृषि एवं पश्पालन मंत्री जय प्रकाश दलाल ने भिवानी में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को पारदर्शिता के साथ शासन मुहैया करवाना है रोहतक में आयोजित कार्यक्रम मे सांसद डा अरविंद शर्मा ने कृषि कानून पर राय दी और कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है झज्जर में सुशासन दिवस कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहूंचाने में जिम्मेदारी निभा रहे है जिला प्रशासन को अन्य जिलों के लिए मंडल आय्क्त अनिता यादव ने अन्करणीय बताया यमुनानगर जिला कार्यक्रम मे मंडलायूक्त दीप्ती उमाशंकर ने कहा कि सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक सुविधा पूर्ण तरीके से पहुंचाना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है पलवल में भी लघ् सचिवालय में सुशासन दिवस मनाया गया फतेहाबाद में सुशासन दिवस के मौके पर द्डाराम ने खंड भट्टू में लगभग डेढ़ करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास किया

सुशासन दिवस पर हरियाणा सरकार ने अर्जुन द्रोणाचार्य भीम व ध्यानचंद अवार्डियों को नई सोगात दी है

यह घोषणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर की मुख्यमंत्री की इस घोषणा का प्रदेश के खिलाडियों की ओर से खेल एवं य्वा मामले राज्य मंत्री तथा हॉकी सूरमा सरदार संदीप सिंह की ओर से आभार जताया गया है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लापल ने कहा है कि श्रीमद भगवत गीता युवाओं के लिए एक बड़ा प्रेरणास्त्रोत हे आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर चंडीगढ़ से एक वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र ग्रंथ न केवल मानव जाति को मार्ग दिखाता है बलिक उनके नैतिक मूल्यों का समावेश भी काम करता है